प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कल मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की नई दिल्ली में हयी बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने निर्णय की जानकारी संवाददाताओं को देते हुये बताया कि इस राशि से कृषि शिक्षा संस्थानों को और बेहतर बनाया जायेगा जिससे अच्छे वैज्ञानिक और कुशल मानव संसाधन तैयार होंगे

इनमें शामिल भरतपुर जिले के मुसावर के सलेमपुर कला गांव निवासी जितेंद्र चौधरी का आज गमगीन माहौल में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया

अलवर के बानसूर के मुगलपुर निवासी हंसराज को भी पूरे राजकीय सम्मान के साथ विदा किया गया

वहीं तीसरे जवान सीकर के डाबला गांव के निवासी रामनिवास का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंत्येष्टी में जनप्रतिनिधियों के साथ हजारों की संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने बताया कि राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण के साथ मिलकर सरकारी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल मिथेन से सीएनजी बनाने की प्रौद्योगिकी का अध्ययन कर चुकी है इसके लिए सरकार जल्द ही एक वाणिज्यिक मॉडल लेकर आयेगी

उपमुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद पारीक ने निर्वाचन से जुड़े जिला स्तरीय अधिकारियों को कहा है कि आयोग के निर्देशों के अनुसार एफएलसी शुरू होने की तारीख से ईवीएम वेयर हाउस में सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाई े जाये

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे नरेन्द्र मोदी एप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव दे सकते हैं उन्होंने कहा कि मन की बात के लिए मिलने वाले विचारों और जानकारी से इस कार्यक्रम का महत्व बढ़ जाता है

जोधपुर में दो दिन तक चली इस प्रतियोगिता में जैसलमेर दक्षिण की टीम उप विजेता रही

उद्घाटन मैच में रूस और सऊदी अरब की टीमें आमने सामने होंगी